प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एकजुट होकर काम करेगा एकजुट होकर आगे बढ़ेगा एकजुट होकर लड़ेगा और एकजुट होकर जीतेगा देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि देश को अपने सुरक्षाबलों पर भरोसा है

प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि आम चुनाव में एक छोटी सी गलती भी देश को फिर से भ्रष्टाचार और घोटालों के युग में ले जाएगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सड़कों के रखरखाव को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि खराब सड़कों के कारण लोगों को असुविधा न हो उन्होंने सड़कों के रखरखाव के लिए केन्द्रीय निधि का अनुकूल उपयोग सुनिश्चित करने को भी कहा मुख्यमंत्री आज शिमला में लोक निर्माण विभाग के नवनिर्मित खंड के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने विभाग द्वारा बनाए जाने वाले भवनों का निर्माण इस तरह से करने का आह्वान किया ताकि सूरज की रोशनी का अधिकतम उपयोग हो सके मुख्यमंत्री ने व्यवस्थित तरीके से निर्मित इस भवन की सराहना की और कहा कि विभाग के इंजीनियरों को अन्य परियोजनाओं में भी इसे लागू करना चाहिए

स्पेशल ओलम्पिक राज्य सरकार स्पेशल ओलम्पिक भारत हिमाचल प्रदेश को खेल संघ का दर्जा देने और राज्य खेल नीति में बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों को शामिल करने के मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में अपने निवास स्थान ओक ओवर में उनसे मिलने आए स्पेशल ओलम्पिक में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों को हरसंभव सहायता देगी सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक पद्धति से गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है डाक्टर सहजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर के वार्षिक समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ नैतिक मूल्य और संस्कारों की जानकारी भी दी जाए उन्होंने छात्रों से समय का सदुपयोग करने का आह्वान किया उन्होंने इस मौके पर मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया

हीरचंद ने इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में दूरदर्शन और आकशवाणी के विभिन्न केन्द्रों तथा फिल्ड पब्लिसिटी में अपनी सेवाएं दी और योग्यता व कर्मठता से विशेष पहचान बनाई हीरचंद नेगी द्वारा आकाशवाणी शिमला में सेवाएं देते हुए जनजातीय संगीत लोक संगीत तथा स्थानीय बोलियों के संरक्षण व सम्वर्धन के लिए किए गए प्रयासों को हमेशा सराहा जाएगा किन्नौर के एक दुर्गम गांव आसरंग से तालुक रखने वाले हीरचंद नेगी अपनी मृदु वाणी सरल स्वभाव और प्रशासनिक कौशल के लिए भी याद किए जाते रहेंगे

इस बीच इन लापता जवानों की खोज में चलाए जा रहे अभियान में आज डीआरडी ओ के वैज्ञानिकों की एक टीम और एक अन्य खोजी कुत्ते को भी जोड़ा गया है किन्नौर के उपायुक्त गोपालचंद ने बताया कि राहत कार्य को और तेज किया गया है उन्होंने ये भी कहा कि खोज अभियान में बीते रोज एक मोबाईल फोन मिला है जो हिमस्खलन में लापता जवान नितिन राणा का बताया गया है